कहा नई तकनीक से शहरों मे आवास निर्माण में तेजी आएगी

सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी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

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ तेज गति से चलने का दिन है इस तकनीक से तेजी से घर बनेंगे श्री मोदी ने कहा कि एक वर्ष में हर राज्य में एक हजार घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री ने सभी विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान के लोगों से आग्रह किया कि वे साईट पर जाकर इस प्रोजेक्ट का बारीकी से अध्ययन करें और देश की जरूरत के अनुसार संभावनाओं की तलाश करें प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले आवास योजना सरकार की प्राथमिकता में नहीं थी अब सरकार लाईट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास निर्माण करा रही है इस नई तकनीक से शहरों में आवास निर्माण में तेजी आएगी ये घर सस्ता टिकाउ और आरामदायक होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न शहरों में बनने वाले ये घर अलग अलग प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं रांची में जर्मन तकनीक पर आधारित घर बनाए जाएंगे

उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि राज्य के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को देखर्ते हुए इस योजना के लाभुकों को राहत प्रदान करें और आवास निर्माण में उनका आर्थिक बोझ कम करने पर विचार करें इस योजना के अंतरगत प्रति आवास केंद्रांश साढ़े पांच लाख रूपये और राज्यांश एक लाख रूपये और लाभुक का अंशदान छह लाख उन्यासी हजार रूपये लगेगा

यह तकनीक देश में इस्तेमाल की जा रही नवीनतम तकनीक में से एक है जिसे झारखण्ड राज्य में पहली बार अपनाया गया है इस तकनीक में कमरे को बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कारखानों में निर्मित किया जाएगा और मल्टी स्टोरी टावर का निर्माण करने के लिए एक के उपर एक रखा जाएगा

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को रसोई के लिए स्वच्छ ईधन उपलब्ध कराना है

मंत्रालय के अनुसार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा नीति के आधार पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है

नई दिल्ली में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र सरकार की छठे दौर की बातचीत सम्पन्न हई बैठक में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हए बैठक के बाद कृ षि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में सकारात्मक रूप से संपन्न हुई कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढाने की जरूरत है श्री तोमर ने कहा कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए किसान नेताओं से बुजुर्गो महिलाओं और बच्चों को वापस घर भेजने का अनुरोध किया गया है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

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की बैठक के बाद बताया गया कि सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा कुछ राज्यों में चुनिंदा जिलों में भी यह अभ्याास किया जाएगा महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा यहाँ के सभी बड़े शहरों में भी टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा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

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने और पैंतीस करोड़ सीरिंज के लिए बोलियां भी आमंत्रित की हैं कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने तीस करोड़ लोगों को प्राथमिकता दी है जिनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता अग्रिम कार्यकर्ता और स्वच्छता कर्मचारी शामिल हैं सरकार ने निर्यात वाली वस्तुओं पर शुल्क और कर जमा करने की योजना रोडटेप का लाभ आज से सभी निर्यात वस्तुओं पर देने का निर्णय लिया है इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है अब इस योजना के अंतर्गत निर्यातकों से ली गई केंद्रीय राज्य और स्थानीय कर की राशि लौटाई जाएगी इन करों पर अब तक कोई छूट नहीं दी जा रही थी या उनका रिफंड नहीं हो रहा था यह राशि सीमा शुल्क विभाग के पास निर्यातक के लेजर खाते में लौटाई जाएगी और इसका उपयोग आयातित वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जाएगा यह राशि अन्य आयातकों को अंतरित भी की जा सकेगी पूर्व वाणिज्य और गृह सचिव डॉ जीके पिल्लई की अध्यक्षता वाली समिति ने इसकी सिफारिश की थी रोडटेप योजना का लाभ लेने के इच्छुक निर्यातकों को अपने बिल में प्रत्येक मद के लिए अपने इरादे की घोषणा करनी होगी अधिसूचित दरें आज से ही लागू मानी जाएंगी

अब पंद्रह फरवरी तक चार पहिया वाहनों पर फास्टैग लगवाया जा सकेगा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

टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भुगतान लिया जाएगा इन लेनों में बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुने टोल का भुगतान करना होगा राज्यभर में लोगों ने उत्साह के साथ नए वर्ष का स्वागत किया राजधानी रांची में कई जगह युवाओं ने देर रात तक नए साल के स्वागत का जश्न मनाया कई होटलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के निर्देशों के अनुरूप जश्न की तैयारी की गई थी आज सुबह से ही लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि नववर्ष दो हजार इक्कीस राज्य के लिए उम्मीदों का वर्ष है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते वर्ष के अनुभव और कोरोना संक्रमण से मिली चुनौतियों को नए अवसर में बदलने का संकल्प दुहराया है

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि प्रत्येक नववर्ष नई शुरुआत का अवसर देता है और व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास की प्रक्रिया पर जोर देता है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न कठिन स्थिति में सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा श्री कोविंद ने कहा है कि यह समय सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का भी है ताकि विविधता में एकता का विश्वास सुदृढ़ हो सके उन्होंने लोगो से प्रेम सहानुभूति और सहनशीलता की भावना की सीख देने वाले समावेशी समाज के निर्माण के लिए मिलजुल कर काम करने की अपील की उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड ने कहा कि नववर्ष एक ऐसा अवसर है जहां नई उम्मीदों और मिलजुल कर रहने की भावना को मजबूती मिलती है उन्होंने कहा कि नववर्ष का स्वागत नई उम्मीदों की भावना के साथ होना चाहिये क्योंकि हमने एक ऐसे वर्ष को विदा किया है जिसने लोगों को एक सबसे विनाशकारी महामारी के माध्यम से जीवन के कई सबक दिये उप राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि सभी लोग चुनौतियों का सामना द्रढ़ता आत्मविश्वास और एकजुटता की भावना से करेंगे तथा नये वर्ष का स्वागत इस महामारी को हराने के लिए नये सिरे से प्रतिबद्धता के साथ करेंगे

उन्होंने एक ट्वीट में सभी की संपन्नता खूशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की

राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाले अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी यह शर्त लागू रहेगी

परीक्षा का परिणाम पंद्रह जुलाई को घोषित किया जाएगा